उन्होंने कहा कि तीनों सेनाएं टीम के रूप में काम करेंगी जनरल रावत ने कहा कि रक्षा सेवा प्रमुख को सौंपे गये कार्यमार के अनुसार समन्वय और बेहतर संसाधन प्रबंधन उनकी प्राथमिकता होगी उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को तालमेल ँऔर एकीकरण के जरिये और मजबूत किया जाएगा जनरल रावत ने कहा कि उनकी प्राथमिकता खरीद प्रक्रिया के एकीकरण को और युक्तिसंगत बनाने की है उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल राजनीति से अलग रहते हैं और वर्तमान सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम करते हैं जनरल रावत ने कहा कि रक्षा सेवा प्रमुख के रूप में वे तीनों सेनाओं के प्रयासों को एकीकत करने तथा टीम के रूप में काम करने पर ध्यान देंगे इस अवसर पर थलसेना अध्यक्ष मनोज मुकद नरवणे ऐयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सेवा प्रमुख सीडीएस का पदभार संभालने पर जनरल बिपिन रावत को बधाई दी है उन्होंने इस बात पर ख्रशी प्रकट की कि देश को पहला सीडीएस भिल रहा है ट्रिवटर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जनरल रावत असाधारण अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे उत्साह से देश की सेवा की है पिछले वर्ष पंद्रह अगस्त को लाल किले से सीडीएस पद सुजित करने की अपनी घोषणा को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेनाओं के आध्निकीकरण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रक्षा सेवा प्रमुख की है प्रधानमंत्री ने देश की रक्षा के लिए जीवन बलिदान करने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने करगिल युद्ध में जवानों के साहस का मी स्मरण किया केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में दिल्ली में अफवाह फैला रहे हैं आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि दिल्ली और देशभर में इस कानून के बारे में भ्रांतियों के बाद हिंसा फैली तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खामोश बनी रहीं दिल्ली जैसे शांत शहर में नागरिकता कानून पर जानबुझकर माइनॉरिटी के मन में संघ्रम पैदा करके जो अशांति का माहौल तैयार किया और जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ उसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है उनको दिल्ली की जनता की माफी मांगनी चाहिए ये नागरिकता कानून देश में आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्री ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानुन के बारे में जनता के बीच भ्रम फैलांकर उन्हें भड़काने और हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप लगाया है श्री रेड़डी ने कहा कि यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है श्री रेड्डी आज वाराणसी के अपने दो दिवसीय दौरे को अंतिम दिन पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने नागरिकता संशोधन कानुन पर विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया

गरीबों को बहत ही कम कीमत पर अनाज दिया जा रहा है गांवों और ाहरों में बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है लोगों को रसोई गैस की सुविधा दी जा रही है स्वास्थ्य सेवाए बेहतर हुई हैं और इससे लोगों का जीवन बेहतर हुआ है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना के निर्माण कार्यों में भी तेजी से काम हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिकारियों को राजस्व संग्रह बढ़ाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने राजस्व प्राप्तियों से जुड़े विमागों में प्रत्येक स्तर पर सक्रियता लाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड विजिट करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में कर करेत्तर प्राप्तियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति से संबद्ध विभागों के वरि ठ अधिकारी सभी अट्ठारह मण्डलों का भ्रमण कर विभागीय समीक्षा करें और हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करें मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डलीय समीक्षा का कार्य पंद्रह जनवरी तक ्रूर कर दिया जाए उन्होंने अपर मुख्य सचिव वित्त को इस संबंध में प्रगति की माहवार समीक्षा करने के भी निर्देश दिए श्री योगी ने सभी सम्बन्धित विभागों को कर प्राप्ति के लम्बित मामलों के निस्तारण की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन के पिता श्री श्याम नारायण शुक्ल का कल रात वाराणसी में निधन हो गया वह करीब बानवे वर्ष के थे श्री शुक्ल पिछले कई माह से बीमार थे

श्री योगी ने अपने शोक संदेश में दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है